श्री गडकरी ने कहा कि हमारे देश में संसाधन और उत्पादन क्षमता बहुत है बावजूद इसके हम हर साल दवाओं चिकित्सा उपकरणों कोयला तांबा और कागज के आयात पर करोड़ो खर्च कर रहे है हमें इन्हें आयात करने के बजाय इन चीजो के घरेलू उत्पादन पर अधिक ध्यान देना चाहिये परीक्षा चर्चा देशभर के विद्यार्थी शिक्षक और अभिभावक प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के संवाद कार्यक्रम परीक्षा पे चर्चा का उत्सुकता से प्रतीक्षा कर रहे हैं

पूरे देश से दो हजार से अधिक विद्यार्थी शिक्षक और अभिभावक कार्यक्रम में भाग लेंगे श्री मोदी प्रश्नों का उत्तर देंगे और विद्यार्थियों से परीक्षा के दौरान तनाव से निपटने के बारे में बातचीत करेंगे

इस शिष्टमंडल में केन्द्रीय रसायन एवं उर्वरक राज्य मंत्री मनसुख मंडाविया के अलावा मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री कमलनाथ और कर्नाटक के मुख्यमंत्री बीएसयेदुरप्पा भी शामिल है इस वार्षिक सम्मेलन में आर्थिक मुद्दों पर वैश्विक क्षेत्रीय और औद्योगिक एजेंडा तय करने के लिये विश्व भर के शीर्ष नेता और उद्योगपति भाग लेते है नेहरू स्मारक प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के पूर्व प्रधान सचिव नुपेन्द्र मिश्र को नेहरू स्मारक संग्रहालय का नया अध्यक्ष बनाया गया है उत्तरप्रदेश कैडर के वरिष्ठ आइएएस अधिकारी श्री मिश्र को प्रसिद्व विद्वान लोकेश चन्द्र के स्थान पर अध्यक्ष बनाया गया है आठ सदस्यीय परिषद का पुनर्गठन कर प्रसार भारती के अध्यक्ष एस सूर्यप्रकाश को इस संस्थान के उपाध्यक्ष की जिम्मेदारी सौंपी गयी है राज्यसभा सांसद विनय सहस्त्रबुद्दे स्वप्नदास गुप्ता और भारतीय विकसित अध्ययन संस्थान के अध्यक्ष कपिल कपूर को इसका सदस्य बनाया गया है निधन भाजपा के पूर्व सांसद और पंजाब केसरी के संपादक अश्विनी क्मार चोपड़ा का आज गुरूग्राम के वेदांता अस्पताल में निधन हो गया

लंबे समय से अस्वस्थ श्री चोपड़ा को हाल ही अस्पताल में भर्ती कराया गया था रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी मुख्यमंत्री कमलनाथ सहित कई नेताओं और पत्रकारों ने उनके निधन पर शोक व्यक्त किया है

इस अवसर पर पूर्व केन्द्रीय मंत्री सुरेश पचौरी और जनसंपर्क मंत्री पीसीशर्मा ने पत्रकारों को सम्मानित किया समारोह में पत्र सूचना कार्यालय पीआईबी के वरिष्ठ अधिकारी अखिल कुमार नामदेव को संतोष कुमार शुक्ल लोक संप्रेषण पुरस्कार और आकाशवाणी भोपाल के संवाददाता संजीव कुमार शर्मा को झाबरमल्ल शर्मा पुरस्कार से सम्मानित किया गया समारोह में उत्कृष्ट पत्रकारिता के लिये कई अन्य पत्रकारों को भी विभिन्न पुरस्कारों से सम्मानित किया गया पूर्व केन्द्रीय मंत्री श्री पचौरी ने इस अवसर पर कहा कि जिन महानुभावों की स्मृति में यह पुरस्कार दिये गये है और जिन्हें सम्मानित किया गया है उनकी कार्यशैली से काफी कुछ सीखने को मिलता है वहीं जनसंपर्क मंत्री पीसीशर्मा ने सप्रे संग्रहालय द्वारा किये जा रहे कार्यों की सराहना करते हुए कहा कि सरकार पत्रकारों की समस्याओं के निराकरण के लिये हर संभव कदम उठायेगी समारोह को संस्थान के निदेशक विजयदत्त श्रीधर ने भी संबोधित किया

किकेट संभावना भारत और आस्ट्रेलिया के बीच कल बैगलोर में होने वाले तीसरे और निर्णायक एक दिवसीय अंतराष्ट्रीय मैच में रोमाचंक मुकाबला होने की संभावना है जिसमें दोनों टीमे श्रृखंला पर कब्जा जमा कर एक दूसरे पर बादशाहत कायम करने की कोशिश करेगी भारत ने राजकोट में खेले गये मैच में बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए यह साबित कर दिया कि मुंबई में हार के बाद भी इसी तरह के कयास लगाना जल्दबाजी थी मौसम पहाड़ी क्षेत्रों से लगातार हो रही बर्फबारी के चलते प्रदेश में शीतलहर चलने से ठंड बढ़ गयी है

जबकि सर्द हवाएं चलने से राजधानी भोपाल और इंदौर जिले में कड़ाके की ठंड रही नरसिंहपुर दमोह में बीती रात बारिश के कारण तापमान में गिरावट दर्ज की गयी मौसम विभाग ने दो तीन दिन तक प्रदेश के अधिकांश इलाको में शीतलहर चलने की संभावना जताई है